इक्कीसवीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नये भारत की आकांक्षाओं अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पुरा करने का माध्यम बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नये भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है इसके पीठे पिछले चार पांच वर्षों की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो यह काम की असली शुरूआत हुई है अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने की प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर पन्द्रह लाख से अधिक सुझाव मिले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे श्री मोदी ने कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अनुभव होता है उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिये शिक्षा दी जा सके फ्र्वानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्दि के विकास में भी मदद मिलेगी श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में बडा बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश भर में बच्चों को उच्च गृणवत्ता वाली स्कूल पूर्व शिक्षा और देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बडे सुधारों की योजना शामिल की गई है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने के लिये अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज लखनऊ के जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नगर आयुक्त के साथ बैठक कर प्रभावी कार्य योजना तैयार करें श्री योगी आज लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी गृणक्ता के साथ सम्पन्न कराया जाय कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने में इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए कॉर्न्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य सव्यवस्थित ढंग से किया जाए उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नगर आयक्त आदि के साथ बैठक कर इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें देश में पिछले चौबीस घंटों में सत्तर हजार आठ सौ अस्सी रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की क्ल संख्या करीब पैंतीस लाख पचास हजार हो गई है ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर सतहत्तर दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबज रॉय ने बज़र्गो उच्च रक्तचाप और कँसर जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छ सात पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं टेलीफोन नंबर शुन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है